लगभग एक सौ मजदूर आज भी लौटेंगे

जीएम गिरफ्तार रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित बड़कासयाल के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार बाजपेयी और उनकी पीए अपर्णा सेनग्रप्ता को बीत देर रात सीबीआई की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया इन दोनों पर नीजि कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है जिसकी प्रष्टि होने के बाद पर दोनों को गिरफ्तार किया

जांच में सीबीआई ने पाया कि आरोपी महाप्रबंधक प्रशांत बाजपेयी ने शिकायतकर्ता को अपनी निजी सहायक अपर्णा सेनगुप्ता को रिश्वत का भुगतान करने का निर्देश दिया था

डीजीपी राज्य के पुलिस महानिदेषक एम भी राव ने सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देष दिया है वे कल विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने के साथ साथ कोयला और बालू की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देष दिया है उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ भी पुलिस प्रषासन को सख्ती बरतने और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा है कोरोना संक्रमण के मददेनजर श्री राव ने लोगों के बीच सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने और मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया इस मौके पर सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों की गतिविधियों की जानकारी दी कोरोना संक्रमण राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ सतासी नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या तेरह सौ तीस हो गई चतरा से सत्रह देवघर से पांच धनबाद से उन्नीस पूर्वी सिंहभूम से एक गिरीडीह से एक गुमला से पन्द्रह हजारीबाग से तीन गढ़वा से पांच जामताड़ा से नौ खूटी से तीन लातेहार से छह लोहरदगा से तीन पाकुड़ से बारह रामगढ़ से दो और सिमडेगा में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई नए आंकड़ो के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के सात सौ चौसठ मरीज संक्रिय हैं जिनका इलाज किया जा रहा है वहीं अब तक पांच सौ उन्नीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर देष भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख पैंसठ हजार से अधिक हो गई है कल लगभग दस हजार नए मामले सामने आए और दो सौ चालीस लोगों की मौत भी हो गई इधर देषभर में स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दषमलव दो पांच प्रतिषत है किसान पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को उनके उत्पाद की बिकी के लिए ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जिसमें बाजार समिति एवं जिला कृ षि विभाग के पदाधिकारियों ने समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे कृषि उत्पादों को बाजार मिलने के साथ साथ होम डिलिवरी भी आसान हुई राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची तथा बाजार समिति जमशेदपुर के बीच सब्जियों की ऑनलाइन ट्रेंडिंग की गई किसानों ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर किसानों के लिए वाहन पास उपलब्ध कराते हुए राज्य के दूसरे हिस्से एवं दूसरे राज्यों तक कृषि उपज भेजने का भी प्रयास किया गया

तीन महीने के मध्यान भोजन की सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है

उपायुक्त ने बताया कि अब तक दो लाख चौंतीस हजार तीन सौ बावन छात्र छात्राओं के खाते में छह करोड़ छियासठ लाख उनासी हजार रुपये उनके खाते में हस्तांतरित कर दिए गए हैं उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को चावल भी उपलब्ध करा रहा है

कल लेह से विमान के जरिये संथाल परगना के पचपन प्रवासी मजदूर रांची पहंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाकुर ने उनका स्वागत किया और उन्हे बसों के जरिये संथाल परगना के विभिन्न जिलों में भेजा इस मौके पर बादल पत्रलेख ने कहा कि इस राज्य के सभी मजदूरों को बाहर से वापस लाया जाएगा मंत्री मिथिलेष ठाक्र ने मजदूरों की सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई और कहा कि जिन एजेन्सियों ने मजदूरों को ठगा उनपर सरकार कार्रवाई करेगी इधर आज भी लेह और लददाख से लगभग एक सौ मजदूर विमान से रांची लाए जाएंगे प्लेन हादसा ओड़िसा के ढेंकनाल में टू सीटर प्लेन कल प्रषिक्षण देने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें जमषेदपुर के प्रषिक्षक पायलट संजीव कुमार झा और पायलट प्रषिक्षु अनीष फातिमा की मौत हो गई ढेंकनाल के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह प्लेन सरकारी उडयन प्रषिक्षण संस्थान की हवाई पटटी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ इस हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद उन्हें कामाख्या नगर अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई

स्पेषल स्टोरी चतरा चतरा में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना संकट काल में विकसित देशों से बढ़िया काम भारत में हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर देशवासियों ने सत्तर दिनों तक लॉकडाउन का पालन किया

इस अवसर पर राज्य भर में उन्हें भावपूर्ण श्रद्दांजलि अर्पित की जाएगी बिरसा मुण्डा ने अंग्रेजों की खिलाफ बगावत की थी जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया

गिरफ़तार साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत रनचरा प्लांट के समीप साहिबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेस रोड पर अपराध की साजिश रच रहे तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि सभी अपराधी रोड पर बाइक खंड़ी कर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे इनके पास से एक देशी पिस्टल चार कारतूस एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया की एक अपराधी पहले भी मिर्जाचौकी के सीएस प्लांट में आगजनी व बम फेंकने की घटना को अंजाम दे चुका है असम के कोकराझार में तीन मामलों में वह जेल भी जा चुका है बागवानी गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के बसकोरिया गांव में बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत आम बागवानी योजना शुरू की गयी है प्रखंड पदाधिकारियों ने किसानों से आम बागवानी की अपील की है ताकि यहां के किसानों को स्वरोजगार मिले पदाधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत हरित क्रांति योजना का पूरा लाभ यहां के निवासियों और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा इस योजना के अच्छी तरह लागू होने से आम की बागवानी के स्थल पर सब्जी की भी खेती होगी

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि हत्या में शामिल रवि कोइरी को गिरफ्तार किया है साथ ही अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है पूछताछ में रवि कोइरी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है

परिजनों के अनुसार दर्जनों की संख्या में पारंपरिक हथियार लेकर कांडे मुंडा के घर पहुंचे थे पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जायेगा ग्ममला सदर अस्पताल में घायल सिपाही का इलाज करने वाले चिकित्सक और नर्स के कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाये जाने के बाद सदर अस्पताल के ओपीडी को सील कर दिया गया है सिविल सर्जन डॉ विजया भेंगरा ने बताया कि सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का सैंपल लिया जाएगा